अनुष्ठान अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह कल होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा लेंगे

द्रसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर आज प्रदेश की खुशहाली के लिये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया

इसके साथ ही शहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है जिला प्रशासन द्वारा बाजार खुलने और बंद होने के संबंध में आगामी परिस्थितियों को देखते हुए नये दिशा निर्देश जारी किये जा सकते हैं

देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किये गए परीक्षणों की यह सबसे अधिक संख्या है

गुना में कोरोना वायरस सर्वे कार्य के दौरान लापरवाही करने पर सर्वे प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और सर्वे दल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है

परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है देश में हरियाणा के प्रदीप सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं महिलाओं में प्रतिभा वर्मा अव्वल रहीं

वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों में मध्यप्रदेश में पहले स्थान पर हैं

वहीं झाबुआ में पुलिस ने इस पर्व को कोरोना संकमण से बचाव से जोड़ दिया है झाबुआ में महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को राखी बांधकर उनसे स्वयं की सुरक्षा का वचन लिया

इस अवसर पर लोगो ने सामाजिक द्ररी का पालन करते हुए अंकुरित गेहूं के जवारे एक दूसरे को देकर अपनी शुभकामनाएं प्रकट की लोग परम्परा में इस पर्व को भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है कोरोना महामारी के कारण इस बार कजलिया के पर्व पर निकलने वाले जुलूस और मेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है गुना आगरमालवा शहडोल छिंदवाड़ा पन्ना जिले में भुजरिया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने के समाचार मिले है उमरिया जिले में आज के दिन खलेसर घाट पर लगने वाले मेले का आयोजन नहीं किया गया

वहीं शहडोल में कल रात मुडना नदी को पार करते समय तेज बहाव में दो युवक बह गये

नमस्कार